आमजन को इसको लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है इसकी रोकथाम में सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी श्री गहलोत कल शाम मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा कर रहे थे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने भी कहा है कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है और सावधानी ही इसका बचाव है विधानसभा में कल प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर वक्तव्य देते हए डॉ शर्मा ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार अपने स्तर पर इस रोग के फैलाव को रोकने जांच और उपचार के सभी संभव प्रयास कर रही है उन्होंने बताया कि स्थिति से निपटने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट और मास्क खरीदे जा रहे हैं प्रदेश के सात मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जांच की सुविधा शुरू की जा रही है चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस वायरस के बारे में जनजागरूकता बहत जरूरी है भीड वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए और जिन लोगों में इसके लक्षण हैं उन्हें अलग रहना चाहिए चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस गंभीर मामले पर पूरा सदन सरकार के साथ है उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को और व्यापक प्रयास करने चाहिए कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग के एसीएस रोहित कुमार सिंह लगातार वीडियो कांफ्रेंसिंग कर जिला कलक्टरों के सम्पर्क में है वहीं बीकानेर में जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है वहीं दौसा बांसवाडा और सवाईमाधोपुर में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाये जा रहे है

उधर कल प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने अंतर मंत्रालय बैठक में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और स्थिति का जायजा लिया

सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है

पहला पेपर अंग्रेजी अनिवार्य विषय का है

बोर्ड ने परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग और नकल रोकने के लिए तीन स्तर पर उड़न दस्ते गठित किए हैंजबकि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी

इस संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय ने कल अधिसूचना जारी की इसके अनुसार न्यायिक अधिकारी कोटे से देवेन्द्र कच्छावा सतीश कुमार शर्मा प्रभा शर्मो मनोज कुमार व्यास रामेश्वर व्यास और चन्द्र कुमार सोनगरा को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है

धौलपुर में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया दौसा जिले में भी देर शाम से ब्रंदाबांदी का दौर चला जो रात तक जारी रहा कई इलाको में ओले गिरने से पारे में गिरावट दर्ज की गई सवाईमाधोपुर में भी अलसुबह जिला मुख्यालय सहित आस पास के क्षेत्रों में हल्की और मध्यम बरसात हुई करौली में भी सुबह से ही ठण्डी हवाओं का दौर जारी है अलवर जिले में कल करीब तीन घंटे तक तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा